शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने नई शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने के लिए शिक्षकों से मांगे सुझाव शारदीय नवरात्र शुरू सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सामाजिक दूरी के साथ श्रद्वालुओं ने किए मां के दर्शन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

केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया में विभिन्न सामान्य निर्देशों का पालन आवश्यक होगा नए आदेशों के तहत प्रदेश में कन्टेनमेंट जोन के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य इलाकों में कुछ शर्तों के साथ सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक शैक्षिक खेल मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है

कार्यकम स्थल के आसपास थर्मल स्क्रीनिंग सामाजिक दूरी मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले एक योजना बनाई जाए ताकि नियमों का उल्लंघन न हो मेले पूजा पंडाल रामलीला और नाटक कार्यक्रमों के दौरान निर्धारित सामाजिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से लोगों की कम से कम मौजूदगी रखने को कहा गया है इस दौरान धार्मिक स्थलों में पुस्तकों व मूर्तियों को छूने पर प्रतिबंध रहेगा राज्य आपदा प्रबंधन व राजस्व विभाग ने सभी उपायुक्तों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने को कहा है महेन्द्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर समाज के हर क्षेत्र के लोगों को लाभ पहंचा रही है

जरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक राकेश जमवाल ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निहरी में आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन वितरित करने संबंधी कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी कोरोना वॉरियर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों को तेजी से लागू करने के लिए शिक्षकों को इसका अध्ययन कर अपने सुझाव देने को कहा है

गोविंद ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार स्कूल व कॉलेज पाठ्यक्रम में इसके समावेश की संभावनाएं तलाशी जाएंगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तेजी से कार्य आरंभ कर दिया है इस दौरान उन्होंने सैमीनार की स्मारिका का विमोचन किया और सभी प्रतिभागियों को कोरोना संकट से निपटने की शपथ दिलाई सैमीनार व वैबिनार में विशिष्ट अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अपने संबोधन में बच्चों के सर्वांगीण विकास के अलावा उन्हें समाज के साथ जोड़ने व संस्कारित शिक्षा देने की ज़रूरत बताई वैबिनार में देश विदेश के शिक्षाविद अपने शोध पत्र व सुझाव प्रस्तुत करेंगे

वे आज ऊना ज़िला के थानाकलां में अधिकारियों के साथ एक बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन योजनाओं में तेजी लाकर इन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि थानाखास में बन रहे गोकुल ग्राम का कार्य अंतिम चरण में है और इसके बनने से बेसहारा गौवंश की समस्या खत्म होगी उन्होंने कहा कि गोकुल ग्राम में गौमूत्र व गोबर पर आधारित प्रोजैक्ट भी लगाए जाएंगे इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने कृषि कानूनों के समर्थन में भाजपा किसान मोर्चा कुटलैहड़ द्वारा चलाए गए हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ भी किया बिकम ठाकुर उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागरपुर विधानसभा क्षेत्र की जंडौर पंचायत में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान और रेशम केन्द्र के भवनों की आधारशिला रखी

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज कसौली विधानसभा क्षेत्र की हुड़ंग पंचायत में सनावर से मांडोधार वाया शिल्लड पाठिया सम्पर्क मार्ग के भूमि पूजन के बाद जनसमूह को संबोधित करते हुए ये बात कही इस दौरान उन्होंने धर्मपुर में पंचायत भवन कार्यालय की आधारशिला रखी जबकि आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया और सौर ऊर्जा लाईटों का वितरण भी किया

नवरात्र शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं इस दौरान प्रदेश में रिथित मां दुर्गा के सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों को शानदार ढंग से सजाया गया है आज पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्वालु मंदिरों में शीश नवा रहे हैं

ऊना ज़िला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में आज हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेका इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नवरात्र उत्सव के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ये उत्सव लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नवरात्र की बधाई देते हुए लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी और मास्क पहनने का आह्वान किया है

सुरेश कश्यप केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए आज सोलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में दिशा बैठक का आयोजन किया गया बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों ने सांसद को विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाया इस दौरान उन्होंने सोलन में सांसद कक्ष का उदघाटन भी किया और कहा कि जिला सोलन के लोग अब अपनी समस्याओं को लेकर उनसे यहां सम्पर्क कर सकते हैं निधन शोक ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक मेलाराम सावर का कल निधन हो गया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने उनके निधन पर गहरा शोक जताते हुए शोक संत्पत परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन्होंने कहा कि मेलाराम सावर जनता से जुड़े नेता थे और उन्होंने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सराहनीय कार्य किए हैं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी पूर्व विधायक के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पूर्व विधायक मेलाराम सावर के निधन पर दुख जताया है